प्रक्षेपण आंध्रप्रदेश के श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन प्रक्षेपण केन्द्र से होगी इस अभियान की सफलता के साथ ही चांद पर यान उतारने वाला भारत विश्व का चौथा देश बन जाएगा इससे पहले अमेरिका चीन और रूस यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं

चांद पर पानी की खोज का श्रेय इसी अभियान को जाता है स्वच्छता अभियान संसद परिसर में आज दूसरे दिन भी स्वच्छता अभियान चलाया गया लोकसभा अध्यक्ष ओम बिडला के अलावा कई सांसदों ने भी इसमें हिस्सा लिया दो दिवसीय स्वच्छता अभियान की शुरूआत कल की गयी थी जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह स्वास्थ्य मंत्री डॉहर्षवर्द्वन विदेश मंत्री एसजयशंकर और संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी सहित कई मंत्रियों ने भाग लिया था मंत्री अपील उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी और राजस्व मंत्री गोविन्द राजपूत ने कहा है कि प्रदेश में अधिवक्ता सुरक्षा कानून जल्द लागू किया जाएगा

मंत्रियों ने कहा है कि राज्य सरकार अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिये प्रतिबद्ध है सुरक्षा कानून से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पहुलओं पर विचार विमर्श कर इसे लागू किया जाएगा गौरतलब है कि राज्य अधिवक्ता संघ अधिवक्ता सुरक्षा कानून न लागू किये जाने के विरोध में मंगलवार को न्यायालयीन कार्य से अलग रहकर प्रतिवाद दिवस मनाने का आव्हान किया है

आधिकारिक जानकारी के अनुसार पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि उन गाँव में ही ग्राम सभाएं आयोजित की जाए जहां निरस्त दावे प्राप्त हुए हैं गौरतलब है कि प्रदेश में राज्य स्तरीय निगरानी समिति ने निरस्त दावों का ग्राम सभा स्तर पर परीक्षण करने का निर्णय लिया है इसी क्रम में विशेष ग्राम सभाएँ आयोजित की जाएगी

श्री अकील ने इज्तिमा स्थल और उसके आसपास साफ सफाई प्रकाश व्यवस्था और अन्य तैयारियों की भी जानकारी हासिल की उन्होने निर्देश दिये कि इज्तिमा स्थल पर डाक्टरों की भी तैनाती की जाए श्री अकील ने अधिकारियों को सभी इंतजाम एक महीने में पूरे किये जाने के निर्देश भी दिये अच्छी खबर आज से हम प्रादेशिक समाचारों में एक नई शुरुआत कर रहे हैं इसे हमने अच्छी खबर नाम दिया है अच्छी खबर में आप रूबरू होंगे प्रदेश के किसी भी इलाके की उस खबर से जो सकारात्मक है अनुकरणीय है और समाज को दिशा देने में मददगार हो सकती है

मौसम मानसून का कोई सिस्टम सकिय न होने की वजह से राज्य के अधिकांश हिस्सों में फिलहाल बारिश का दौर थमा हुआ है मौसम विशेषज्ञों के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून ने अपनी दिशा बदल दी है और दक्षिण पूर्व मानसून पश्चिम की ओर बढ़ गया है बारिश थमने के बाद धूप खिलने से उमस बढ़ गयी है साथ ही तापमान में भी बढोत्तरी हो रही है धूप की वजह से नमी में कमी आयी है जिससे कम दबाब का क्षेत्र नहीं बन पा रहा है और बारिश कम हो गई है मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि बारिश में लंबी खेंच होने से खरीफ की बुआई में देरी हो रही है

अधिकांश जिलों में बादल छाये रहने और कहीं कहीं हल्की ब्रंदाबादी का ही अनुमान है

सांसद केपीयादव सहित बडी संख्या में युवाओं और आमजनों ने भाग लिया